अप्रैल के महीने में हई इस भारी बर्फबारी से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है और जिले की अंदरूनी सड़कों पर यातायात अवरूद्व हो गया है

इस बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है बारालाचा दर्रे के आसपास बड़ी संख्या में ट्रक और अन्य वाहन फंसे हैं उधर किन्नौर जिले के ऊपरी इलाकों में भी हिमपात हो रहा है जिले में पुरबनी झूला के पास ल्हासे गिरने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग अवरूद्ध हो गया है इसके अलावा रल्ली के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मृत्य हो गई

इसके अलावा आज व कल राज्य के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं व गरज के साथ भारी वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ऊना जिले के थानाकलां में अधिकारियों के साथ एक बैठक में आज उन्होंने कृटलैहड़ क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी इस दौरान उन्होंने जंगलों में आगजनी की घटनाओं को रोकने और निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को जल्द पुरा करने के लिए भी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए इस बीच वीरेंद्र कंवर ने ऊना में कोविड नियंत्रण पर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशानिर्देश दिए रामनवमी रामनवमी का पर्व आज देश सहित प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया यह पर्व भगवान विष्ण के सातवे अवतार भगवान राम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बधाई दी है प्रधानमंत्री ने कहा कि मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम का सबके लिए यही संदेश है कि हम सभी मर्यादाओं का पालन करें प्रधानमंत्री ने कहा कि संकेट की इस घड़ी में हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र याद रखना होगा प्रदेश में भी रामनवमी की धूम रही और लोगों ने कोविड मानकों का पालन करते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने प्रदेश वासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं वैक्सीन कीमत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए अपनी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की घोषणा की है राज्य सरकारों को वैक्सीन की प्रति खुराक के लिए चार सौ रूपये और निजी अस्पतालों को छह सौ रूपये देने होंगे भारत में कोविशील्ड बैक्सीन की निर्माता कम्पनी ने देश में टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए केन्द्र द्वारा हाल में दी गई छूट के मद्देनजर कीमतों के बारे में यह घोषणा की है नए प्रावधानों के तहत वैक्सीन निर्माता और आपूर्तिकर्ता अपनी कोविड वैक्सीन का पचास प्रतिशत केन्द्र को और पचास प्रतिशत राज्य सरकारों तथा खुले बाजार में निजी अस्पतालों को बेचेंगे

दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक घायल ने नाहन अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा मृतकों में दो लोग संगड़ाह क्षेत्र के रहने वाले थे जबकि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था स्ट्रेन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्वदेश निर्मित कोरोना का टीका कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के प्रति भी प्रभावी है